वे कल होशंगाबाद के इटारसी से लोकसभा चुनाव अभियान की शुरूआत करेंगे यहां के रेलवे इंस्टीट्यूट मैदान पर श्री मोदी की सभा होगी

प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किये हैं

श्री तोमर ने कहा कि अंतरिम बजट सत्र राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा में सभी राजनीतिक दलों की व्यापक भागीदारी की दृष्टि से काफी सफल रहा

ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने बताया है कि अप्रैल से योजना लागू हो जायेगी श्रमोदय निर्माण श्रमिकों के बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिये प्रदेश के चार शहरों रीवा शहडोल छतरपुर और रतलाम में श्रमोदय विद्यालय खोले जायेंगे मुख्यमंत्री कमल नाथ के निर्देश पर खोले जाने वाले इन श्रमोदय विदयालयों में मजदूरों के बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा देने के साथ ही प्रशिक्षण की भी व्यवस्था रहेगी राज्य शासन ने इस संबंध में कल आदेश जारी कर दिये हैं

श्रमोदय विदयालयों में श्रमिकों के बच्चों को पूर्णतरू निशुल्क शिक्षा गणवेश भोजन तथा पठन पाठन की सामग्री उपलब्ध करवायी जायेगी

अंशकालिक संवाददाता आकाशवाणी भोपाल के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा अंशकालिक अनुबंध के आधार पर इन्दौर मंदसौर रतलाम बालाघाट मंडला और निवाड़ी जिलों में संवाददाताओं के लिये आवेदन आमंत्रित किये गये हैं अंशकालिक संवाददाता पीटीसी के लिए आवेदक के पास पत्रकारिता की डिग्री या डिप्लोमा और पत्रकारिता में कम से कम दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए

आवेदन पत्र आकाशवाणी भोपाल से भी प्राप्त किये जा सकते हैं मौसम प्रदेश में दिन और रात के तापमान में वृद्धि के कारण ठंड में कमी आ गई है मौसम विभाग के अनुसार पाकिस्तान और उसके आसपास एक चकवात की स्थिति बनने के कारण बंगाल की खाड़ी से हवा में नमी आ रही है जिससे आज और कल हल्की बारिश भी हो सकती है

प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर सामान्य से अधिक तापमान रिकार्ड किया गया हमारे शिवपुरी संवाददाता ने जानकारी दी है कि कल रात हुई बारिश के बाद जिले में सर्दी बढ़ गई है अब कुछ समाचार संक्षेप में अनूपपुर में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थित कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञों ने पुष्पराजगढ़ के लपटी में कृषक सेमीनार आयोजित कर किसानों को ड्रिप सिंचाई पद्धति के लाभों की जानकारी दी

सतना जिले के चित्रकूट में दो स्कूली बच्चो के अपहरण मामले में मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश पुलिस का जॉएंट ऑपरेशन शुरू हो गया है जगह जगह सर्चिंग की जा रही है